राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन महिलाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जावड़ेकर ने कहा कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विधेयक के पारित होने को नारी शक्ति की जीत बताया है और कहा है कि इससे समाज में और समानता आयेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ लंबे समय से जो गलत होता आ रहा उसे अब दुस्तर कर दिया गया है एक पुरानी और मध्यकालीन प्रथा का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि यह उन मुस्लिम महिलाओं के साहस को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने तीन तलाक की कुप्रथा के कारण तमाम तकलीफे सही हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामुदायिक स्तर पर नई सोच की भावना को प्रोत्साहित देने के लिए आज नई दिल्ली में अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का श्रभारंभ किया इस पहल का उद्देश्य नवाचार की ललक को प्रोत्साहित देना है ताकि ऐसे समाधान वाले डिजायन सोचने की क्षमता पैदा हो जो समाज के काम आ सके इस अवसर पर प्रधान ने कहा कि दो हजार पच्चीस तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अटल नवाचार मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका है उन्होंने नीति आयोग से स्थानीय स्तर पर नई सोच को बढ़ावा देने के लिए देश की सभी ग्राम पंचायतों मे नवाचार केंद्र खोलने का आग्रह किया नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र की शुरुआत चार सौ चौरासी पिछड़े जिलों पर धाय्न केंद्रित करने के लिए की गई है जहा नवाचार का बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर है उन्होंने कहा कि इससे देश में नवाचार के माहौल को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात कर राज्य के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की राज्यपाल ने कहा स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य केंद्रों के काम काज के मुद्दे शासन और प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए उन्होंने कहा राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैय्या कराए जाने की आवश्यकता है राज्यपाल ने चिकित्सा अधिकारियों अर्धसैनिक कर्मचारियों और स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी ढांचे की कमी और राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में उनकी उचित स्थिति और उपस्थिति पर भी चिंता व्यक्त की राज्य विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर राज्य विधानसभा के विषय में कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की

स्वास्थ्य विभाग के प्रयास के बावजूद देशभर में टी वी मरीजो के चालीस प्रतिशत मामलों की जांच नही कारवाए जाते या उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा दो हजार पच्चीस तक इस रोग को जड़ से उखार फैकने का लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है वेस्ट सियांग जिले के आलो में आयोजित नवीनीक्रत राष्ट्रीय टीवी नियत्रंण कार्यक्रम के एक बैठक में ये जानकारी दी गई इस अवसर पर प्रशासन द्वारा सभी टी वी चैंपियन्स को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है कि दो हजार बाईस तक कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करने की दिशा में काम करें प्रधानमंत्री ने पहली प्रगति बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही मणिप्र के इम्फॉल में लाम्फेल पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक वर्कशॉप के निकट कल रात हुए बम विस्फोट में तीन लोग घायक हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि वर्कशॉप के गेट के निकट कल शाम छह बजकर पचास मिनट पर ये विस्फोट हुआ मणिपुर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे अपराधियों की तलाश की जा रही है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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया